केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकारों से जिला और प्रदेश की सीमाओं को सील करने के साथ ही पलायन कर रहे श्रमिकों के रहने खाने की पर्याप्त व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश में लाक डाउन के दौरान बेवजह बाहर निकलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये और बागेश्वर में बिना राशन कार्ड वाले मजदूरों को चिन्हित कर राशन वितरित किया जा रहा है

आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हर किसी को अपनी और अपने परिवार की रक्षा करनी होगी उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय का संकल्प और नियम का पालन इस संकट से निपटने में सहायक होगा

श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भर में आज जो कुछ भी घट रहा है उसमें यही एकमात्र विकल्प बचा था उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी ही होगी प्रधानमंत्री ने लोगों को हो रही कठिनाइयों के लिए क्षमायाचना भी की

प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रर्णबंदी के दौरान नियम तोड़ने वाले अपने जीवन से खेल रहे हैं उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का नियम तोड़ेंगे तो कोरोना वायरस से बचना मुश्किल हो जायेगा श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभूतपूर्व और चुनौतीपूर्ण है इसलिए हमें ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं जिनके बारे में विश्व इतिहास में पहले कभी नहीं सुना गया श्री मोदी ने कहा कि हमें गरीबों के प्रति अपनी सम्वेदनशीलता को बढ़ाना होगा स्वास्थ्य मंत्रालय पीसी केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकारों को जिलों और प्रदेश की सीमाओं को सील करने के निर्देश दिये हैं पलायन कर रहे श्रमिकों के रहने और खाने की पर्याप्त व्यवस्था किये जाने के आदेश दिये गए हैं इसके लिए एसडीआरएफ फंड का इस्तेमाल किया जाना है राज्य सरकार को लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को पूरा वेतन देने के निर्देश भी दिये गए हैं साथ ही उनसे मकान का किराया भी नहीं लिया जाएगा जो लोग श्रमिकों और विद्यार्थियों से मकान का किराया लेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

उन्होंने इस पर जोर दिया कि जन प्रतिनिधियों को सुनिश्चित करना चाहिए की गरीबों और जरूरतमंदों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी होने में लॉकडाउन बाधक न बने मोदी किट कोरोना के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों में सहयोग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्षों के नेत्रत्व में जिला सहायता केन्द्रों की स्थापना की गयी है

जिसमें मोदी रसोई किट भी शामिल है इस किट में खाद्यान के साथ ही आवश्यक सामग्रियां होगी इस बीच काग्रेस और सामाजिक संस्थाओं की ओर से जरूरत मन्दों को खाद्यान और खाने पीने के सामान बितरित किये जा रहे है सीएम समीक्षा प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत लगातार नजर रखे हुए हैं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हर रोज स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि जो लोग बेवजह लॉकडाउन में बाहर निकल रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए उन्होंने बाहर से आए और होम क्वारंटाइन किये गए लोगों पर लगातार नजर रखने के निर्देश भी दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी उत्तराखंड में कोरोना वायरस प्रथम स्टेज में हैं फिर भी बहुत सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने फोन पर राज्य के विधायकों से भी बात की और सतर्क रहने को कहा उन्होंने विधायकों से सोशल डिस्टेंस बनाते हुए विभागीय अधिकारियों का सहयोग करने और लोगों को कोरोना वायरस के खतरे के प्रति जागरूक बनाने का अनुरोध किया सीएम अपील मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने संयम और धैर्य रखने की अपील की है और सभी प्रदेशवासी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री के साथ हैं उन्होंने कोरोना वायरस के खतरे के बीच फ्रंटलाइन में काम कर रहे लोगों की हौसला अफजाई की अपील की उन्होंने लोगों से दिन रात काम में जुटे कोरोना योद्वाओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था करने के साथ ही मुश्किल में फंसे किरायेदारों की मदद की भी अपील की मजदूर राशन बागेश्वर बागेश्वर जिले में लॉकडाउन के बाद से असंगठित मजदूरों और बिना राशन कार्ड के रह रहे मजदूरों के सामने राशन का संकट खड़ा हो गया था ऐसे मजदूरों को चिन्हित कर राशन के पैकेट वितरित किये जाने की कार्रवाई की जा रही है जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले की सभी तहसीलों से असंगठित मजदूरों और बिना राशन कार्ड वाले मजदूरों को चिन्हित कर सूची मांगी जा रही है

विभाग के कर्मचारी राशन के पैकेट बनाने और वितरण कार्य में लगे हैं कोरोना यूएस नगर ऊधमसिंह नगर जिले में बाहरी प्रदेशों के कामगारों के लिए हर जरूरी व्यवस्था की गई है किच्छा स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास के परिसर में प्रशासन ने उनके रहने खाने और चिकित्सा संबंधी व्यवस्थाएं की हैं

जिलाधिकारी डॉ नीरज खैरवाल ने बताया कि कोई भी ठेकेदार अगर अपने मजदूरों को हटाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी वहीं प्रशासन की व्यवस्था से गरीब श्रमिक संतुष्ट हैं एनआईईपीवीडी राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में भी कोरोना वायरस के मद्देनजर व्यवस्थाएं की गई हैं संस्थान के निदेशक नचिकेता राउत ने बताया कि परिसर में ही हर तरह की आवश्यक वस्तुओं का इंतजाम किया गया है ताकि किसी को बाहर जाने की जरूरत न पड़े साथ ही परिसर में रहने वाले छात्रों और लोगों को लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रेरित किया जा रहा है होम डिलेवरी उत्तरकाशी ज़िले में लॉक डाउन के दौरान जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान के निर्देशों पर आवश्यक सेवाओं में शामिल घरेलू गैस को घर घर पहुॅचाने के साथ ही अब फल सब्जियों और दूध की होम डिलेवरी भी शुरू कर दी गई है

लोगों के बीच इसको लेकर मिल रहे अच्छे रेस्पोंस को देखने हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इस ध्यवस्था को आगे भी जारी रखने के बात कही है उनका मानना है कि इससे लोगों में घबराहट खत्म हुई है और द कानों पर अनावश्यक भीड़ भी नही लग रही है